केन्द्र सरकार की मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का लाभ लेकर प्रदेश के किसान अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर रहे हैं और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हो रही बारिश से आम जन जीवन प्रभावित

रोड शो राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए आज नई दिल्ली में रोड शो का आयोजन किया गया मुख्यमंत्री की उपस्थिति में आयोजित इस रोड शो में राज्य सरकार के विभिन्न प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और उद्यमियों को प्रदेश में निवेश के लिए मौजूद बेहतर माहौल की जानकारी दी इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड राष्ट्रीय राजधानी से रेल सड़क और हवाई मार्ग से सीधे जुड़ा है उन्होंने कहा कि उद्यमियों को प्रदेश में सबसे सस्ती बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है उन्होंने कहा कि राज्य में विकास ढांचे और प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता है श्री रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड देश में सबसे तेजी से बढ़ रहे अर्थव्यवस्था वाले राज्यों में शामिल है राज्य में ईज ऑफ ड्इंग बिजनेस पहल के माध्यम से आवेदन प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए राज्य में एकल खिड़की व्यवस्था की गई है इस दौरान वित्तमंत्री प्रकाश पंत कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और वन एवं पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत भी मौजूद थे संवाददाता बातचीत मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उम्मीद जताई है कि आगामी अक्टूबर के महीने में देहरादून में होने वाले निवेशक सम्मेलन में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बीस हजार करोड़ रुपए तक का निवेश होगा मुबंई में एक रोड शो के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिये देश के पांच प्रमुख शहरों में निवेशक सम्मेलन का प्रचार प्रसार किया जा रहा है एक समाचार एजेंसी के अनुसार श्री रावत ने कहा कि राज्य सरकार सम्मेलन के दौरान बीस हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य लेकर चल रही है उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में पर्यटन आर्थिक वृद्धि के लिहाज से महत्वपूर्ण है और यह राज्य में आजीविका का आधार है गौरतलब है कि दो दिवसीय डेस्टिनेशन उत्तराखंड निवेशक सम्मेलन आगामी सात अक्टूबर को देहरादून में शुरू होगा जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किए जाने की संभावना है

किसान अपनी खेतों की मिट्टी के नमूनों का परीक्षण कृषि मुदा केंद्रों में करवा रहे हैं जहां कृषि वैज्ञानिक मिट्टी की जांच कर किसानों को मिट्टी से जुड़ी आवश्यक जानाकरी दे रहे हैं इसके अलावा मिट्टी में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की जानकारी भी किसानों को दी जाती है जिसके अनुसार किसान अपने खेतों में आवश्यक खादें सही मात्रा में डालते हैं इस योजना के जरिए किसान मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय अपना रहे हैं जिसका असर अब उनकी खेती में भी दिखाई दे रहा है और उनकी उपज में वृद्धि हो रही है जिले के किसान बताते हैं कि मिट्टी की जांच करवाने के बाद अब वे जरूरत के मुताबिक अपने खेतों में खाद डाल रहे हैं जिससे उनके खर्चे में कमी आई है

लैब प्रभारी नरेन्द्र सिंह ने बताया कि मुदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बाद किसान जागरूक हुए हैं और अब कृषि मिट्टी की जांच के लिए अधिक संख्या में किसान पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूरे देश में कृषि क्षेत्र में मिट्टी की सेहत पर ध्यान देने का आह्वान किया है ताकि कृषि की उत्पादकता बढ़ाई जा सके

मौसम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में रूक रूककर हो रही बारिश से आम जन जीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है

मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून से प्राप्त जानकारी के अनुसार आगामी पहली से तीसरी सितंबर तक गढ़वाल और कुमांऊ में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है विभाग ने देहरादून नैनीताल चम्पावत उधमसिंह नगर चमोली रूद्रप्रयाग और पौड़ी में भारी वर्षा होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है भूस्खलन चमोली जिले के घाट तहसील के बरोलीधार फरखेत गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से दो लोगों की मृत्यु हो गई यह हादसा कल रात करीब साढ़े नौ बजे हुआ जब भूस्खलन का मलबा एक आवासीय भवन पर आ गिरा जिससे उसमें रह रहे दो लोग जिंदा दफन हो गए इस हादसे में एक व्यक्ति घायल है जिसे उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है वहीं जिले में आज सुबह भूस्खलन के कारण एक गौशाला के मलबे में दबने की सुचना भी प्राप्त हुई है उधर उत्तरकाशी जिले में कल शाम ताम्बाखानी सुरंग और इन्द्राकॉलोनी के बीच पत्थर गिरने र्स चार व्यक्ति घायल हो गए

बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लामबगड़ के सामने भूस्खलन के कारण बंद हो गया है जबकि केदारनाथ जाने वाला रास्ता भी डोलियादेवी के पास आवाजाही के लिए अवरूद्व हो गया है चम्पावत टनकपूर हाईवे भी बाराकोट के सामने भूस्खलन के चलते बंद पड़ा है

वहीं इसी दिन उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत भी राज्य में इस योजना का श्भारंभ करेंगे

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आम लोगों तक पहुंच के मामले में भारत का पहला सबसे बड़ा पेमेंट बैंक होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ग्राहकों को आपका बैंक आपके द्वार के तहत बैंकिंग सुविधा प्रदान करेगा

सराहना राज्य में फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों की बॉलीवुड़ के कलाकारों ने भी सराहना की है निवेशक सम्मेलन के प्रचार के लिए मुंबई पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से जब फिल्मी हस्तियों ने मुलाकात की तो सभी ने राज्य में फिल्म श्रदिंग को प्रोत्साहित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को सराहा मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने फिल्मकारों से मुलाकात कर उनसे राज्य में फिल्म नीति में सुधार करने के लिए सुझाव मांगे उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में फिल्म जगत के लिए अनुकूल माहौल तैयार कर रही है श्री रावत ने कहा कि फिल्मों की शूटिंग के लिए उत्तराखण्ड का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यहां की अच्छी कानून व्यवस्था और शांतिप्रिय लोग हैं उन्होंने कहा कि उत्तराखंड फिल्म पॉलिसी फिल्म निर्माता निर्देशकों के सुझाव शामिल कर जल्द ही नई फिल्म पॉलिसी को मंजूरी देगी जिससे राज्य में फिल्मों के निर्देशन में और आसानी होगी उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार स्थानीय लोगों का कौशल विकास कर रही है जिससे यहां आने वाले फिल्मकारों को अपने साथ टैक्नीशियन और अन्य लोगों को न लाना पड़े